हरियाणा के प्रत्येक जिले में सेना के जज़्बे को सलाम किया गया

भारतीय सेना दवारा नियंत्रण रेखा पार कर अधिकृत कश्मीर में आंतकी शिविरों को नष्ट करने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राईक की दूसरी वर्षगांठ को पराक्रम पर्व के रूप् में मनाया जा रहा है

इस अवसर पर बोलते हए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने पूरे विश्व के आगे साबित कर दिया है कि हम अपनी सीमाओं पर किसी भी प्रकार के आंतकीयों की घ्सपैठ सहन नहीं करेंगे और इसका अच्छा सबक हमने आंतवादियों को सिखाया है इसलिए हम पराक्रम पर्व मना रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोधप्र मिल्ट्री स्टेशन पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी का श्भारंभ किया इक्यावन शहरों में तरेप्पन स्थानों पर भी सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और क्र्बानी भरी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है

ये शौर्य स्मारक बासठ फ्ट लम्बा है और इसे चारों तरफ शीशों के बोर्ड पर शहीद हूए जवानों के नाम लिखे गए है पलवल में मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला प्र्व मंत्री स्भाष कत्याल तथा उपायुक्त मनीराम शर्मा ने पराक्रम पर्व कार्यक्रम से शिरकत की पंचायत भवन में लोगों को भारतीय सेना के शौर्य गाथा पर बनी एक डिक्यूमेंटरी फिल्म दिखाई गई जिला सैनिक बोर्ड के सिचव व विंग कमांडर के के यादव ने लोगों को सेना द्वारा योजनाबद्ध तरीके से घटना को जिस प्रकार अंजाम दिया गया उस बारे जानकारी दी फतेहाबाद में सेना के शौर्य के इस पर्व में फौज के पूर्व लैफ्टिनेंट जनरल डी पी वत्स भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला उपाय्क्त जे के आभीर सहित अनेक गणमान्य नागरिक व अधिकारी भी शामिल हए सर्जिकल स्ट्टाईक दिवस कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं भी शामिल हुई जिन्हें प्रशासन व पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की और से सम्मानित किया गया सोनीपत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विदयालय मुरथल अड्डा में सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राईक ने दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत अपनी सरजर्मी और देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार है पंचकूला के विधायक एंव मुख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा है कि भारतीय सेना ने उरी सेक्टर के शहीदों का बदला लेने के लिए अभूतपूर्व कार्य करके दृश्मनों के घर जाकर उनके बंकरों को नेस्तनाबूद किया आज सर्जिकल स्ट्राईक की दुसरी सालगिरह पर सेटकर एक स्थित राजकीय महाविद्यालय में आयोजित पराक्रम दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस सर्जिकल स्ट्टाईक में पड़ोसी देश के सैनिकों के ये जता दिया है कि हमारे सैनिक किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है इस मौके पर सर्जिकल स्ट्राईक पर फिल्म भी दिखाई गई तथा देश के वीर सैनिकों के पराक्रम एवं अदम्य साहस पर सलाम नामक लिटरेचार भी वितरित किया गया यम्नानगर में पराक्रम दिवस मनाया गया मंत्री कविता जैन ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और कहा कि देश आज सर्जिकल स्ट्राईक करने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस व पराक्रम को सलाम कर रहा है फरीदाबाद में जिला सैनिक बोर्ड के सचिव मेजर आर के शर्मा ने लोगों को बताया कि जवान को दिए गए टारगेट को पूरा करके वापिस अपने स्थान पर आना सर्जिकल स्ट्राईक होता है

हरियाणा में करनाल अम्बाला रेवाड़ी भिवानी तथा कई जिलों में पराक्रम पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किए गए

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशान्सार कहा गया है किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण मारने की घटनाओं पर निगरानी रखी जाए गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वोह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाये न्यायालय ने आदेश जारी किए कि केन्द्र और राज्य सरकारें रेडियों टैलीविज़न और दूसरे मीडिया स्त्रोत गृह विभाग की सरकारी वेबसाइटस राज्य प्लिस इस प्रकार के संदेश जारी करे कि अगर कोई व्यक्ति किसी द्रसरे व्यक्ति की मृत्य् का कारण बनता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते है

इस पहल के तहत ओलंपियन खिलाड़ी भविष्य के ओलंपियन विजेताओं को अपने अन्भव शेयर करेंगे और बताएगी कि कड़ी मेहनत के बाद ओलंपिक खेलने के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका समाधान क्या है मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्व भिवानी के बॉक्सिंग क्लब में पहुंचे ओलंपिक व अर्ज्न प्रस्कार से सम्मानित अभिन्न श्याम ग्प्ता व दीपक ठाक्र भावी ओलंपिक विजेता बॉक्सरों को अपने अन्भव शेयर करने पहंचे

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन से सभी चैनलों पर एक साथ प्रस्तुत किया जायेगा हरियाणा महिला कांग्रेस की तर फ से कल पंचकला से एक महिला अधिकार यात्रा श्रू की जायेगी जिसका उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं और बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर बीजेपी की आलोचना करना है